इसके बाद राज्य सरकार और प्रशासन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भीड़ रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

राज्य सरकार ने एयरपोर्ट पर प्रयोग की जाने वाली बसों को सही तरीके से साफ रखने के निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट निदेशक को एक पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना संकमण से बचाव के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करावें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित क्मार सिंह ने प्रदेश के सभी चिकित्सा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं इधर कार्मिक विभाग ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को जारी अस्थायी मासिक त्रैमासिक पास इस माह के अंत तक निलम्बित कर दिए हैं

ब्रंदी नगर परिषद की ओर से पांच सैनिटाइजर मशीनों के माध्यम से सभी सरकारी दफ़तरों और भीड़ वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है

केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी इस बीच ख्वाजा साहब की दरगाह और पुष्कर आने वाले जायरीन की तादाद में भी कमी आई है

श्री शर्मा ने बताया कि संकमण को रोकने के लिए कई अन्य उपाय भी किए गए हैं

उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी चरण दो पर ही स्थिर है डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग जगहों से लिये गये पांच सौ नमूनों में से किसी में भी नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया

राज्य सरकार के विशेष प्रार्थना पत्र और दस निजी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संगीत लोढा और मनोज व्यास ने आज कोरोना वायरस र्क फैलते संकमण के बीच एहतियात के तौर पर चुनाव की तारीख आगे बढाने का यह आदेश दिया

इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने दोनों प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है

उन्होंने सदन में शून्यकाल में क्षेत्रीय भाषाओं के मामले में हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि इनमें तीन भाषाओं भोजपुरी राजस्थानी और भोटी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर रही है